राज्य सरकार ने बीपीएल सूची में शामिल आर्थिक रूप से मजबूत परिवारों को सूची से बाहर करने का लिया निर्णय राज्यपाल कलराज मिश्र ने पूर्व सैनिकों के पैंशन संबंधी मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने की बताई ज़रूरत प्रदेशभर में श्रीकष्ण जन्माष्टमी पर्व की धुम हिमाचल प्रदेश के लोगों को अब राज्य के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी शिमला में जल्द ही डिजीटल सबट्रेक्शन एंजियोग्राफी की सुविधा मिलेगी स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने आज विधानसभा में प्रश्नकाल में बताया कि आईजीएमसी के नए ओपीडी ब्लाक में यह सुविधा मिलनी शुरू होगी विधायक अनिरूद्व सिंह के मूल सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि नई ओपीडी में डिजीटल सबट्रेक्शन एंजियोग्राफी मशीन स्थापित कर दी गई है उन्होंने कहा कि डिजीटल सबट्रेक्शन एंजियोग्राफी मशीन के शुरू होने से डॉक्टरों को सटीक व उच्च गुणवत्ता की जांच से ईलाज करने में बहुत मदद मिलेगी और मरीजों को बाहर के प्रदेशों का रुख नहीं करना पड़ेगा

इस प्रोजेक्ट के तहत आईजीएमसी में कोबाल्ट विधि की पुरानी मशीन को लीनियर एक्सीलेटर से बदला जा रहा है

उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने विधायक जिया लाल के एक सवाल के उत्तर में बताया कि चंबा जिले के लाहल स्थित ऊन पिंजाई संयंत्र के बंद होने के मामले की जांच की जाएगी इसे फिर से चालू करने के लिए एडीएम भरमौर से भवन निर्माण का आग्रह किया जा रहा है ताकि लोगों को ऊन पिंजाई की सुविधा मिल सके मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि बहुत से सरकारी भवन ऐसे है जो बन कर तैयार नहीं हुए हैं लेकिन उनका उद्घाटन कर दिया गया है मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जो भवन उपयोग करने के लिए तैयार हो जाए उनका ही उद्घाटन किया जाना चाहिए

उन्होंने बताया कि ये वो लोग होंगे जो पिछले काफी समय से इस सूची में थे और जिनकी आर्थिक स्थिति अब ठीक हो चुकी है वीरेंद्र कंवर ने साफ किया कि प्रदेश सरकार द्वारा ऐसी कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है जिसमें ये लिखा हो कि सरकार किसी पंचायत को बीपीएल मुक्त बनाने जा रही है उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रदेश में बीपीएल को माफिया बनने से रोकना है वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि बीपीएल की सूची से फर्जी लोगों को बाहर निकालने का सरकार का अभियान लगातार जारी रहेगा

राज्य में जल्द ही ई वाहन नीति लागू की जाएगी और इसे आने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में लाने के बाद प्रदेश में प्रभावी तरीके से लागू किया जाएगा

परिवहन मंत्री ने कहा कि हिमाचल में परिवहन सेवाओं के विस्तार की जरूरत को देखते हुए इस दिशा में आगे बढ़ना जरूरी है गोविंद ठाकुर ने कहा कि हिमाचल परिवहन सेवा में तेज गति से आगे बढ़ा है उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने पारदर्शी तरीके से ई बसें खरीदी हैं जो पिछली सरकार द्वारा खरीदी गई बसों की कीमत के मुकाबले कम है

इसकी सैद्वांतिक मंजूरी मिल गई है परिवहन मंत्री ने कहा कि सरकार ई वाहन पालिसी बना रही है और इसे जल्द जारी करेंगे राज्यपाल कलराज मिश्र ने पूर्व सैनिकों के पैंशन संबंधी मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निपटाने की ज़रूरत बताई है सिरमौर ज़िला के पांवटा साहिब में आयोजित रक्षा पैंशन अदालत के मौके पर उन्होंने कहा कि इससे सैनिकों का मनोबल बढ़ता है

इधर प्रधान महालेखाकार कार्यालय शिमला द्वारा आज प्रदेशभर में देशव्यापी पैंशन अदालत का आयोजन किया गया कार्यालय के लेखा अधिकारी हरीश जुल्का ने बताया कि इस दौरान पैंशनरों की समस्याओं का मौके पर निपटारा किया गया

स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने आज आकाशवाणी से बातचीत में ये जानकारी दी है

विपिन परमार ने कहा कि नेत्रदान से किसी के जीवन में दोबारा रौशनी लाई जा सकती है प्रदेश भाजपा पदाधिकारियों की एक बैठक आज शिमला में पार्टी कार्यालय दीपकमल में हुई बैठक की अध्यक्षता करते हुए भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने पार्टी के संगठनात्मक चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की

बैठक के समापन सत्र में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कार्यकर्ताओं की बदौलत भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बना है बैठक को सांसद व राष्ट्रीय सह चुनाव अधिकारी विनोद सोनकर ने भी संबोधित किया इस दौरान सभी पार्टी पदाधिकारी भी मौजूद रहे मुख्य सचेतक नरेन्द्र बरागटा ने शिमला जिले के जुब्बल की झालटा गिलताड़ी व कुडू पंचायतों का दौरा कर पिछले दिनों भारी वर्षा से हुए नुकसान का जायजा लिया

उन्होंने कहा कि बागवानों को सेब बाजार तक पहुंचाने में प्रशासन हरसंभव मदद देगा बरागटा ने बिजली व पानी की व्यवस्था को भी जल्द बहाल करने का आश्वासन दिया श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व आज प्रदेशभर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है इस अवसर पर विभिन्न मंदिरों को शानदार ढंग से सजाया गया है और भजन कीर्तन सहित अन्य धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व की शुभकामनाएं दी हैं विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने भी लोगों को जन्माष्टमी पर्व की बधाई दी है

घायल मैडिकल कॉलेज चंबा में उपचाराधीन है